परोपकार के कार्यों से जुड़े अमरीकी कारोबारी बिलगेट्स को इस योजना की सराहना के लिए ट्विटर पर धन्यवाद देते हुए श्रॊ मोदी ने कहा कि योजना के पहले सौ दिन उल्लेखनीय रहे हैं और इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं तथा आगामी दिनों में भी बहुतों को इसका लाभा मिलेगा श्री गेटेस ने इस योजना के पहले सौ दिन की सफलता पर भारत सरकार को बधाई दी थी उन्होंने कहा था कि यह देखना सुखद है कि अब तक बहुत से लोगों को यह योजना उपलब्ध कराई गई है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों की संख्या चौदह जनवरी तक एक करोड़ पार कर गई है केंद्र सरकार की यह कल्याणकारी योजना सात अगस्त दो हजार सोलह को शुरु हुई थी इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना है एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि एक लाख चौबीस हजार प्रतिष्ठानों को इस योजना का फायदा हुआ है इस कार्यक्रम के तहत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में पंजीकृत नए कर्मचारियों को तीन वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ताओं के बारह प्रतिशत अंशदान का पूर्ण भुगतान करती है यह सुविधा पंद्रह हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वालों के लिए है पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पादी रिचो ने गुरुवार को लोअर सुबनसिरी जिला उपायुक्त को ट्रांस अरुणाचल हाईवे सत्यापन रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा है जिला उपायुक्त को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि हालांकि एक टीम ने विसंगतियों को दूर करने के लिए ट्रांस अरुणाचल हाईवे का सत्यापन की थी लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कारण लोगों में बहुत सी गतलफहमियां पैदा हुई हैं उन्होंने कहा कि ट्रांस अरुणाचल हाईवे कार्य पूरा न होने के कारण जीरो हापोली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है नामसाई विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत चार कम लागत वाली सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली इकाइयाँ नामसाई में स्थापित की गई इकाइयों की सभी मशीनें पी एल एफ द्वारा लताओं पियोंग जयपुर और एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाई जाती है सह सहायता समूह के सदस्यों को एक कंपनी ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और अब उत्पादन शुरु हो चुका है समूहों के सदस्य सरकार आपके द्वार कार्यक्रमों में अपने उत्पाद बेच रहे हैं और उत्पाद की गुणवत्ता को समाज के हर वर्ग द्वारा सराहा गया है सीमा सड़क महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हर्दीप सिंह ने राज्य में राष्ट्र निर्माण के लिए ग्रिफ कर्मियों द्वारा किये गए कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कर्मियों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर जोर दिया है उन्होंने हालही में सी योमी जिले में बी आर टी एफ के तहत तातो मानिगोंग तादा देगा और यारलूंग लामांग सड़क क्षेत्रों की यात्रा के दौरान यह बात कही उन्होंने चालू वित्त वर्ष में आवंटित कार्यों को समय पर पूरा करने हेतु कर्मियों से कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया

यह मेला मंगलवार को शुरु हुआ था पहले दिन रिकॉर्ड सवा दो करोड़ लोगों ने गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में ड्रबकी लगाई सरकार ने इस वर्ष स्कूलों में पाठ्यक्रम दस से पंद्रह प्रतिशत और अगले वर्ष पंद्रह से बीस प्रतिशत कम करने का फैसला किया है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में एक समारोह में कहा कि इस फैसले से विद्यार्थियों को खेल गतिविधियों में शामिल होने और कौशल शिक्षा के लिए समय मिल पाएगा उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा जीवन कौशल शिक्षा और अनुभव आधारित शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है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 आज का अधिकतम तापमान सत्ताईस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आठ दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया